इस साल यात्रा सीजन में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने किये दर्शन

इस मौके पर उन्होंने कहा कि तकनीक के बिना स्मार्ट सिटी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है उन्होने बताया कि सरकार तकनीक के माध्यम से जनसुविधाओं में सुधार करने की कोशिश कर रही है

ग्रीन एनर्जी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा का काम शुरू हो चुका है और प्रदेश अपने कदम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है

इस मौके पर नगर विकास मंत्री मदन कौशिक नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे

उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत में नई शिक्षा नीति भी लागू होने जा रही है जो नए भारत की पहचान होगी देहरादून के डोईवाला में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार आम लोगों का जीवन स्तर उपर उठाने और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए सैकड़ों करोड़ की धनराशि खर्च कर रही है

टेलीमेडिसिन सेवा जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल ने कहा है कि तकनीकी तौर पर ब्लाक ओखलकाण्डा के द्र्गम क्षेत्र में बन्द पड़ी टेलीमेडिसिन सेवा को बहाल करने को प्रशासन ने अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है पूर्व में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध ओखलकाण्डा टेली मेडिसिन सेवा तकनीकी कारणों से प्रभावी नहीं हो पा रही थी जिसको संज्ञान में लेते हुए श्री बंसल ने एम्स ऋषिकेश से इस सेवा को सम्बद्ध कराया है जो अगले माह दिसम्बर में एम्स से लिंक होकर कार्य करने लगेगी

जिलाधिकारी नैनीताल ने बताया कि जिले का बेतालघाट भी ओखलकाण्डा की तरह ही दुर्गम इलाका है इस क्षेत्र के लोगों को भी इस सेवा का लाभ मिल सके इस दिशा में कार्य किया जा रहा है

संवाद कार्यक्रम के दौरान पर्यटन रोजगार और विकास प्राधिकरण के बारे में विचार विमर्श और चर्चा की गयी और ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगों ने अपनी समस्याओं को मंच पर रखा संवाद कार्यक्रम में पहाड़ों में बेराजगारी और पलायन पर भी गहरी चिंता जताई गयी कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार उत्तराखंड में पर्यटन व रोजगार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है इस मौके पर राज्य सभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि पर्यटन व रोजगार को बढ़ाने के लिए संभावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है

बदरीनाथ धाम कपाट बन्द विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिये गए हैं

इस दौरान बदरीनाथ धाम को फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया था मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने विशेष पूजा अर्चना की इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्वालु मौजूद थे

बदरीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है कल श्री उद्घव जी श्री कुबेर जी की डोली पांडुकेश्वर और आदि गुरू शंकराचार्य की गद्दी नृसिंह मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी इस साल यात्रा सीजन में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्वालुओं ने चारों धाम के दर्शन किये

इस अवसर पर श्री रावत ने कहा कि नम्रता और गौरव ने मिलकर यमकेश्वर ब्लाक के दूरदराज गांव में हेम्प से उत्पाद बनाने का स्टार्ट अप शुरू कर अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार की राह दिखाई है इसके साथ ही उन्होंने साबित किया है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर कैसे स्वयं के साथ ही अन्य लोगों को रोजगार दिया जा सकता है पेशे से अर्किटेक्ट गौरव और नम्रता ने बताया कि काफी रिसर्च के बाद उन्होंने पहाड़ों में पाए जाने वाले हेम्प को रोजगार का साधन बनाने का निर्णय किया था वर्तमान में उनके द्वारा इसके बीज के तेल से साबून बनाया जा रहा है और भविष्य में इससे भवन निर्माण सामग्री भी बनाने की योजना है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव इमरान मोहम्मद खान ने बताया कि इस शिविर में कानूनी जानकारी के साथ ही चिकित्सा विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों एवं आम जनता के लिए आयुष्मान कार्ड स्थायी निवास प्रमाण पत्र जाति व आय प्रमाण पत्र श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का पंजीकरण समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं की जानकारी दी जायेगी इसके अलावा पुलिस शिक्षा राजस्व कृषि एवं वन आदि विभागों द्वारा विभाग से सम्बन्धित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया जायेगा ताकि पात्र व्यक्तियों को लाभांवित किया जा सके कबड्डी एशोसिएशन नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश कबड्डी एसोशिएशन के चुनाव में हरिद्वार और देहरादून को छोड़ अन्य जिलों के कबड्डी एसोशिएशन के प्रतिभाग न कराने के मामले में सुनवाई करते हुए सचिव खेल व निदेशक खेल से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है

एसोशिएशन में इन ज़िलों के शामिल न होने से खिलाड़ियों का कबड्डी में प्रतिभाग नही हो पा रहा है

गुरू पर्व उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गुरुद्वारा पटेलनगर में स्त्री सत्संग सभा द्वारा आयोजित गुरु पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज में फैली कुरीतियों व सामाजिक विषमताओं को दूर करने का संदेश समाज को दिया है श्री धस्माना ने आह्वाहन किया कि गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखने के साथ साथ गुरुओं द्वारा बताए मार्ग पर चलने की कोशिश ही उन्हें श्रद्वाजंलि होती है

इस कार्यशाला का उद्देश्य शोध छात्रों को शोध प्रविधि की बारीकियों से अवगत कराना है जिससे शोध की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार हो सके